प्रसिद्ध समाज सुधारक ज्योतिबा फूले की जयंती पर उनको देशभर में याद किया गया आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहने दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें पूरे देश में आज से चार दिनों तक चलने वाला कोविड विशेष टीकाकरण्ण अभियान उत्सव श्रू हो गया है

प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव की श्रूआत पर आज सभी से अन्रोध किया है कि वो चार चरणों के सिद्धांतों को अपनायें जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक को टीकाकरण के लिए आगे जाये प्रत्येक कम से कम एक के स्वास्थ्य की देखभाल करे प्रत्येक जन कम से कम एक ही जान बनायें श्री मोदी ने अनुरोध किया कि लोग खुद ही सूक्षम कंटेनमेंट ज़ोन बनायें और वायरस के संक्रमण को फैलने से रोके उन्होंने लोगों से ख्द की व अपने सामाजिक परिवेश की स्वच्छता का ध्यान रख्ने को भी कहा श्री मोदी ने कहा कि टीका उत्सव कोविड महामारी से निपटान के लिए एक और बड़ी लड़ाई की शुरूआत है उन्होंने अपील की कि कोविड का टीका व्यर्थ ने जाये इसके लिए लोग आगे आये और इसके लिए पात्र है जो टीक जरूर लगवायें प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड की टीका खराब नहीं होने पर इस लोगों को टीकाकरण किये जाने पर इस अभियान की क्षमता को भी बल मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहंच सकेंगा श्री मोदी ने कहा कि इस महामारी से निपटन में देश को सफलता तभी मिल सकेगी जब लोग अनावश्यक घरों से बाहर नहीं आयेंगे और संक्रमण को रोकने में मदद करेंगे

उन्होंने महिलाओं से अन्रोध किया कि वो अपने घर के सदस्यों को जो इस टीकाकरण के लिए पात्र है उन्हें पात्र करने के लिए कहा श्री मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि लोगों के सहयोग से चार दिनों तक चल रहा विशेष कोविड टीकाकरण अभियान टीका उत्सव सफल होगा केन्द्रीय सूचना एंव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी से अन्रोध किया है कि वो विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव में उत्साहपूर्वक भाग लें

श्री जावड़ेकर ने लोगों से अपील की कि वो अपनी अपने परिवार जनों की स्रक्षा स्निश्चित करें व देश की कोविड से लडाई के लड़ाई के अभियान में सहभागी बनें देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के दौरान एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है

इतनी संख्या में लगाये गये टीकों के चलते भारत ने अमेरिका व चीन को भी पीछे छोड़ दिया है

आज से पूरे देश मे शुरू हये टीका उत्सव से टीकाकरण की संख्या और भी अधिक होने की संभावना है

दो फरवरी से अग्रिम पंक्ति में कार्यरत कर्मचारियों को टीका लगाना श्रू किया गया

हरियाणा में टीका उत्सव के दौरान आज से चलाये जा रहे विशेष कोविड टीकाकरण अभियान में लोगों दवारा बढ़ चढ़ का भाग लेने के समाचार है

उधर फरीदाबाद में टीका उत्सव की शुरुआत पर आयोजित कार्यक्रम में केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने योग्य लोगों से टीका लगवाने की अपील की फरीदाबाद मे ही हरियाणा के परिवहन मंत्री मुलचंद शर्मा ने जिला रेडक्रास सोसायटी दवारा आयोजित कार्यक्रम में कोरोना काल मे अच्छा कार्य करने वालों को सम्मानित किया सिरसा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि टीका उत्सव की श्रूआत नागरिक अस्प्ताल से आज की गई

अम्बाला में भी आज से टीका उत्सव श्रू किया गया जहां ाई सौ स्थानों पर कोविड टीकाकरण अभियान चलाया गया स्वास्थ्य विभाग की टीम विभिन्न स्थानों पर टीकाकरण के लि सुबह से ही पहंच गई व विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जा जा रहा है पंचकूला में टीका उत्सव की श्रूआत नाडा साहिब ग्रूदवारा से किया गया यहां महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें डॉ वीना सिंह म्ख्य अतिथि थी जिनहोंने अपील की कि लोग टीका लगवाने के लिए आगे आये उप राष्ट्रपति वैकेंया नायडू ने आज ज्योतिराव फूले को उनकी जन्म तिथि पर नमन किया और कहा कि वो सामाजिक क्रीतियों को खत्म करने के प्रवर्तक थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महात्मा ज्योतिबा फूले को याद करते हये कहा कि उनकी सामाजिक बदलाव लाने की प्रतिबदधता व लगन आने वाली पीप्रियों को प्रेरित करती रहेंगी केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रसिद्ध विचारक परोपकारी एवं लेखक ज्योति राव गोविंदराव फूले को उनकी जन्म तिथि पर नमन किया श्री जावड़ेकर ने कहा कि महात्मा फूले जिन्हें देश में महिलाओं की पढ़ाई के लिए पहला विद्यालय श्रू किये जाने वाले के तौर पर जाना जाता है उन्होंने जाति आधारित विभाजन को खत्म करने और भारतीय समाज में व्याप्त भेदभाव को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था

इस अवसर पर उनके साथ हथीन विधायक प्रवीण डागर भी मौजूद थे श्री गुर्जर ने गांव बामनीखेड़ा में विभिन्न मुदायिक भवनों और चौपालों का उदधाटन किया केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार का मिशन देश का विकास करना है उन्होंने कहा की देश व राज्यों के विकास में कोई कोर कसर नही छोड़ी जाएगी देश के विकास के लिए केंद्र सरकार को जो भी निर्णय लेना पड़ेगा उसे जनहित में त्रंत लिया जा रहा है पंचक्ला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की स्मृति मे लगाये गये रक्तदान शिविर का उदघाटन किया

श्री धनखड़ ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है और ये लोगों को पुनर्जीवन देता है रक्तदान सेवा के साथ साथ य्वाओं को प्ररेणा भी देती है अम्बाला शहर के मिशन अस्पताल में भी रक्त सेवा परिवार दवारा आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया